मिलावटखोर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि खाद्य पदार्थो में मिलावट करने वालों पर सरकार कड़ी कार्रवाई कर रही है उन्होंने अपील की है कि लोग भी किसी भी प्रकार की मिलावट की सूचना शासन तक पहुंचाएं

उन्होंने बताया कि उज्जैन में एक व्यापारी के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की गई है ग्वालियर गुना खरगोन और राजगढ़ में भी मिलावट करने वालों पर कार्रवाई हुई है

उधर मुरैना जिले में नकली दूध व अन्य खाद्य पदार्थ बनाने वाले डेयरी संचालकों और अवैध केमिकल विक्रेताओं की गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए हैं करीब एक दर्जन आरोपियों पर धोखाधड़ी और खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम की धाराओं में मामले दर्ज किए गए हैं वहीं सिवनी में खाद्य विभाग और पुलिस की टीम ने विभिन्न प्रतिष्ठानों पर छापामार कार्यवाही करते हुए खाद्य पदार्थो के नमूने लिये जावड़ेकर सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा है कि आकाशवाणी कई वर्षो से एक विश्वसनीय संस्थान बना हुआ है उन्होंने कहा कि रेडियो का प्रसार देश के हर कोने में है और लोग इसे पसंद करते हैं आकाशवाणी से विशेष बातचीत में उन्होंने कहा कि रेडियो सूचना और मनोरंजन दोनों का माध्यम है श्री जावडेकर ने कहा कि निजी एफएम चैनल भी अब आकाशवाणी के समाचार प्रसारित कर सकते हैं वर्षा जल कार्यशाला भोपाल नगर निगम द्वारा जल शक्ति अभियान के तहत वर्षा जल संग्रहण को बढ़ावा देने के लिये आज एक कार्यशाला का आयोजन किया गया इस कार्यशाला की शुरूआत जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा और महापौर आलोक शर्मा ने दीप प्रज्ज्वलित कर की कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जनसंपर्क मंत्री ने कहा कि जल संकट से निपटने के लिय वर्षा जल का संग्रहण सबसे अच्छे उपायों में से एक है चेन्नई का उदाहरण देते हुए श्री शर्मा ने कहा कि वहां जलाशय और झीलें सुख गई हैं और जलस्तर काफी कम है जिससे वहां पीने के पानी का संकट मिल रहा है कार्यशाला को महापौर आलोक शर्मा और नगरीय प्रशासन एवं विकास आयुक्त पी नरहरी ने भी संबोधित किया उन्होंने व्यर्थ बहने वाले पानी के सद्दपयोग के बारे में बताया

इन जिलो में रेन वाटर हार्डवेस्टिंग वाटर कर्न्वसेशन और वाटर मैनेजमेंट को बढ़ावा दिया जाएगा सरकार की और से बारिश के पानी को किस तरह बचाया जाए उसका इस्तेमाल कैसे किया जाय इसको लेकर नितियां लागू की जाएंगी साथ ही लोगों को भी जागरूक किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में जल संरक्षण को लेकर अपील की थी जिसके बाद इस अभियान की शुरूआत हई

सहकारिता मंत्री डॉगोविन्द सिंह सम्मेलन के मुख्य अतिथि होंगे

इसमें प्रदेश में लघु कृषक कृषि व्यवसाय में बढ़ोत्तरी में किसान उत्पादक कंपनियों की वर्तमान भूमिका समस्याएं एवं निदान के लिये आवश्यक कदम जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा होगी

अच्छी खबर में आप रूबरू होते हैं प्रदेश के किसी भी इलाके की उस खबर से जो सकारात्मक है अनुकरणीय है और समाज को दिशा देने में मददगार हो सकती है

पुलिस ने बताया है कि गोलीबारी सुबह करीब छह बजे उस समय शुरू हई जब जिला रिजर्व गार्ड भागनदी पुलिस थाने के अन्तर्गत सीतागोटा गांव के निकट जंगल में नक्सलरोधी अभियान चला रहे थे

तलाश अभियान जारी है

इस बार बीमा कराने की अंतिम तिथि को लेकर किसान उलझन में रहे

बीमा नहीं होने से नाराज कुछ किसानो ने सीएम हेल्पलाईन में शिकायत की है इस बीच भारतीय किसान संघ की संभागीय इकाई ने प्रधानमंत्री फसल बीमा आवेदन व प्रीमियम जमा कराने की तिथि बढ़ाये जाने की मांग की है

बारिश प्रदेश के कई जिलों में आज भी झमाझम बारिश का दौर जारी है

लगातार बारिश से हालात बिगड़ने की आशंका जताई जा रही है भारी बारिश के कारण सुल्तानपुर में एक मकान ढह गया हादसे में दो साल के एक बच्चे की भी मौत हो गई वहीं बेगमगंज में पूल पार करते समय दो युवक बह गये जिसमें से एक की मृत्यु हो गई दिनभर बारिश का दौर जारी रहने से विदिशा रोड़ पर पड़ने वाली कोडी नाले में उफान आने से राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हुआ उधर सागर जिले के जरूवाखेड़ा कस्बे में बीती रात हुई तेज बारिश से कई घरों में पानी भर गया वहीं सीहोर में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने बाढ़ प्रभावित लोगों से उनकी समस्याएं सुनी और हरसंभव मदद का भरोसा दिलाया

टी ट्वेंटी भारत और वेस्ट इंडीज के बीच तीन अंतर्राष्ट्रीय टवेंटी टवेंटी श्रृंखला का पहला मैच आज अमरीका के फ्लोरीडा में खेला जाएगा मैच भारतीय समय अनुसार रात आठ बजे शुरू होगा इस मैच का आंखों देखा हाल आकाशवाणी से प्रसारित किया जाएगा दोनों टीमें विश्व कप के बाद पहली बार अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने उतरेंगी वर्ल्ड कप में भारतीय टीम सेमीफाइनल तक पहंची थी वहीं वेस्टइंडीज नौवें स्थान पर रहा था

इस मौके पर उनकी जन्म स्थली खंडवा में उनकी समाधी स्थल पर कई कार्यकम आयोजित किये जाएंगे

यहां हर दिन केमिकल से सेंकड़ो क्वींटल गुड़ बनाया जाता था

उसके पास से देशी कट्टा कारतूस और लूट का माल भी मिला है